इसका तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग के जरिए अर्थ व्यवस्था को गति देना ज्यादा फायदेमंद है बजाय कुछ उद्योगों पर निर्भरता के

सम्मेलन का विषय राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और किसानों के विकास में पशु चिकित्सकों का योगदान था इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया श्री सारंगी ने आध्यात्म और वेद मंत्रों के जरिए गाय का महत्व समझाया और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा गाय अभ्यारण्य खोलने पर जोर दिया उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय में गौ हत्या को रोकने के लिये एक कानून बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है

हमारी सरकार इनके संरक्षण के लिये एक हजार नई गौ शालाएं खोलने सहित कई कदम उठा रही है सम्मेलन को जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और पश्पालन विभाग में अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान देशभर के पशु चिकित्सक विभिन्न सत्रों के जरिए पशुओं के संरक्षण देश में पशु पालन नीति और पशुपालन का अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे ऊधर सीहोर के इछावर में श्री सारंगी ने राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित उद्योगों का निरीक्षण किया और प्रसन्नता जाहिर की कि संस्थान बेहतर काम कर रहा है गौरतलब है कि यहां देश की सबसे अच्छी कीस्म की पूनी बनाई जाती है

श्री नायर ने कहा कि ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में फिलहाल सामान्य ढंग से काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में है और यह मैपिंग का काम करने में सक्षम है श्री नायर ने कहा कि लैंडर विक्रम एक वर्ष तक सकिय रहेगा और इसमें चंद्रमा की सतह की मैपिंग तथा उसके बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिये आठ पेलोड लगे हुए हैं

आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में गठित कार्यबल चालू वित्त वर्ष में शुरू की जाने वाली तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करेगा इसके अलावा कार्यबल वार्षिक अधोसंरचना निवेश लागतों का अनुमान लगाने और वित्त पोषण के श्रोतों की पहचान करने में मंत्रालयों का मार्गदर्शन भी करेगा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

सीनियर कन्या छात्रावासों के नये भवन शहडोल धार के मनावर मंडला में नारायणगंज श्योपुर में केसली बड़वानी में सिलावद सिवनी में खेड़ापुर खंडवा में जामनी गुर्जर एवं भोपाल के ईंटखेड़ी में बनाये जायेंगे इसके अलावा बालाघाट शिवपुरी जबलपुर झाबुआ डिण्डोरी देवास और अनूपपुर जिले में भी कन्या छात्रावास के नये भवन बनाये जायेंगे महाविद्यालय कन्या छात्रावासों के नये भवन इंदौर सिवनी छिंदवाड़ा खरगोन बड़वानी डिंडोरी बालाघाट और अनूपपुर जिलों में बनेंगे एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों ने सिर से जुड़े जुड़वां बच्चों का देश में पहली बार सफल ऑपरेशन कर उन्हें अलग किया है ये बच्चे एम्स में पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से भर्ती थे ऑपरेशन के बाद कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई चार वर्ष के जागा और बलिया ओड़िसा के कंधमाल जिले के हैं जहां उन्हें श्री राम चन्द्र भांजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बाला बच्चन से मिलकर ज्ञापन सोंपा महासंघ ने श्री बच्चन से इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विद्यालयों को निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया बर्ड फल् विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पक्षियों में होने वाले घातक रोग बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है केन्द्रीय पशुपालन विभाग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से इस निर्णय के बारे में जानकारी दी है गौरतलब है कि पूर्व में गुजरात उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले मिलते रहे थे

इसके अलावा ग्वालियर इंदौर शहडोल और चंबल संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं वर्षा हुई

राजधानी भोपाल में इस सिजन की सर्वाधिक वर्षा हुई

जबकि प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा होने की संभावना है भोपाल में आज दोपहर बाद से ही रूक रूककर तेज बारिश जारी है कम वर्षा वाले शिवपुरी जिले के कई स्थानों पर आज दोपहर आधे घंटे तक तेज बारिश होने की खबर है